केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग तिहत्तर हजार करोड रूपये तक की वृद्धि के लिए पांच बड़ी योजनाओं की घोषणा की है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढाने के कुछ नये प्रस्तावों का ब्यौरा दिया उन्होंने बताया कि नये प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा वित्तमंत्री ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त सैंतीस हजार करोड रूपये दिये जायेंगे उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की दो हजार अटठारह इक्कीस ब्लॉक अवधि के लिए दस दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इस योजना के लाभार्थी को एलटीसी भ्गतान की राशि और यात्रा किराये की तीन गृणा राशि से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बारे में जीएसटी इनवॉयस देना होगा वित्तमंत्री ने बताया कि इस नये प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार को लगभग पांच हजार छ सौ पचहत्तर करोड रूपये खर्च करने होंगे अगर राज्य सरकारें भी इन प्रस्तावों को इसी प्रकार लागू करती हैं तो अट्ठाईस हजार करोड रूपये की उपभोक्ता मांग का सुजन हो सकता है वित्तमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्योहार से पहले दस हजार रूपये ले सकेंगे जिस पर ब्याज नहीं लगेगा श्रीमती सीतारामन ने बताया कि यदि पचास प्रतिशत राज्य इस योजना को लागू करते हैं तो मांग क्षेत्र में लगभग आठ हजार करोड रूपये की वृद्धि की संभावना है केंद्र सरकार ने कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक रोजगार के लगभग बत्तीस करोड़ कार्य दिवस उपलब्ध कराए गए हैं और इस पर करीब इकत्तीस हजार पांच सौ सतहत्तर करोड़ रुपये का खर्च आया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि एक लाख बत्तीस हजार से अधिक जल संरक्षण ढांचे चार लाख बारह हजार ग्रामीण आवास पश्ओं के लिए पैंतीस हजार पांच सौ उन्तीस शेड पच्चीस हजार छह सौ नवासी खेत तालाब और करीब सोलह हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए राष्ट्रीय कामधेन् आयोग ने दीपावली त्योहार के अवसर पर इस साल कामधेन् दीपावली मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है इस अभियान के माध्यम से कामधेनु आयोग दीपावली के दौरान गाय के गोबर और इससे बने उत्पादों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है इस साल दीपावली से पहले ही गाय के गोबर से बने दीए धूप बत्तियां स्वास्तिक पेपर वेट हवन सामग्री और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनना शुरू हो गई हैं केन्द्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कामधेनु आयोग ने दीपावली के दौरान ग्यारह करोड़ घरों में गाय के गोबर से बने तैंतीस करोड़ दीए पहंचाने का लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड एक करोड़ बीस लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि एल थ्री कोविड चिकित्सालयों में एसजीपीजीआई से वर्चअल आईसीयू और एल ट् कोविड अस्पतालों में केजीएमयू से वर्चुअल आईसीयू का संचालन किया जाये इस व्यवस्था से दोनों चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों के उपचार के संबंध में उचित परामर्श दे सकेंगे मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वच्छता और सेनिटाइजेशन के विशेष अभियान के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में साफ सफाई और सेनिटाइजेशन के साथ एन्टी लार्वा रसायन का छिड़काव करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर राज्य में बिजली की सुचारू व्यवस्था रखी जाये प्रदेश में दाल और सब्जी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये जिससे आम जनता को खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके प्रदेश में शिक्षा विभाग के अर्न्तगत पहले चरण में सहायक अध्यापक के इकत्तीस हजार दो सौ सतहत्तर पदों पर नियुक्ति प्रकिया श्रू हो गई है सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सहायक अध्यापक के उन्हत्तर हजार रिक्त पदों के सापेक्ष अब भर्तियों को पूर्व आवंटित जनपद और आरक्षण को यथावत रखते हुए इसके सापेक्ष प्रथम चरण में मैरिट और आरक्षण के आधार पर यह चयन किया जा रहा है ये नियुक्तिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के अनुपालन में की जा रही हैं और यह न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होंगी सभी चुने हुए अम्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की वेबसाइट यूपी बेसिक एड् बोर्ड डॉट जीओवी डॉट इन पर अपलोड कर दी गई है जनपदों में काउंसलिंग चौदह और पन्द्रह अक्टूबर को होगी और सफल अभ्यर्थियों को सोलह अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे सरकार ने कहा है कि उसने इस संबंध में निर्वाचन आयोग से भी अनुमति ले ली है क्योंकि उपचुनावों के चलते कई जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू है केन्द्र सरकार कोविड उपचार में बड़ी आबादी को कवर करने के लिए एक से अधिक वैक्सीन के उपयोग पर विचार कर रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा डॉक्टर हर्षवर्धन रविवार संवाद की पांचवीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे उन्होंने समाज के सर्वाधिक संवेदनशील और वंचित समूहों तक पहले वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करने पर बल दिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से त्योहारों के दौरान आवश्यक ऐहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रयुख है इसके अलावा कोरोना के चार अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते हैं इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इन अफवाहों का कड़ाई से खंडन किया है कि सरकार आर्थिक कारणों से कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में युवा और नौकरीपेशा लोगों को प्राथमिकता देगी उन्होंने कहा कि प्राथमिकता समूहों का निर्धारण दो प्रमुख आधारों पर किया जायेगा ये आधार हैं संक्रमण से ग्रस्त होने की अधिक आशंका वाले लोग और कोविड उपचार में लगे पेशेवर लोग स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि किए बिना उसे साझा नहीं करने का आग्रह किया प्रदेश में कोविड़ संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है नये रोगियों के मुकाबले कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी जारी है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि पिछले छत्तीस घटों में दो हजार दो सौ चौतीस कोरोना के नये मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान तीन हजार तीन सौ बयालीस रोगी ठीक हुए हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक तीन लाख तिरान्नबे हजार नौ सौ पांच रोगी कोरोना मुक्त हुए हैं प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और यह दर नवासी दशमलव सात प्रतिशत पहुंच गई है उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अड़तीस हजार आठ सौ पन्द्रह है जो कि पिछले दस सप्ताह के बाद चालिस हजार के नीचे आई है